इसी को लेकर ऑल वेदर रोड का निर्माण किया जा रहा है

इस दिन फलदार वृक्ष चारा प्रजाति और जल संरक्षण करने वाले पौधे लगाये जायेंगे इसके अलावा कोसी नदी पर डेढ़ लाख से अधिक पौधे लगाये जायेंगे

उन्होंने लोगों से मिशन रिस्पना से ऋषिपर्णा के लिए जनसहयोग की अपील की आज ऋषिपर्णा नदी के उद्गम स्थल मासी फॉल के भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारम्भिक चरण में रिस्पना और कोसी नदी को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया इसके बाद अन्य नदियों को भी पुनर्जीवित किया जायेगा उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए जल संरक्षण की दिशा में विशेष प्रयासों की जरूरत है इसके लिए सरकारी संस्थानों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जा रही है

भगत सिंह कोश्यारी पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन से देश में हर स्तर पर विकास हुआ है श्री कोश्यारी वरिष्ठ भाजपा नेता हीरा सिंह धपोला के निधन पर शोकाकुल परिवार से मिलने बागेश्वर पहुंचे थे

श्री कोश्यारी ने कहा कि सड़कों के जाल को लगातार बढ़ाया जा रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना स्वच्छ भारत जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई है जिससे लोगों को फायदा हुआ है

बैंकिग सेवाओं से जुड़ने के बाद जहां मनरेगा से काम करने वाले लोगों की कमाई सीधे उनके बैंक खातों में डाली जा रही है वहीं दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूर भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचत खाते में डाल पा रहे हैं इस योजना से जहां सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आई है वहीं भ्रष्टाचार को रोकने में भी यह योजना सफल रही है

लेकिन इस योजना के तहत उन्होंने शून्य धनराशि पर अपना बैंक खाता खोला वे बताती हैं कि बैंक खाते में वे अपनी बचत की धनराशि को जमा कर पा रही हैं

साइबर क्राइम सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरुक करने के उद्देश्य से बागेश्वर में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल करने गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल न करने और तेज रफ्तार में गाड़ी न चलाने आदि के बारे में बच्चों को जानकारी दी जागरुकता कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने और साइबर क्राइम के बारे में भी जानकारी दी गई वक्ताओं ने कहा कि सोशल साइट में किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले सावधानी जरूर बरतें कई बार गलत जानकारी फॉरवर्ड करने पर अव्यवस्था फैल जाती है कार्यशाला रामनगर कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने कहा है कि अनियंत्रित पर्यटन हमेशा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है उन्होंने कहा कि पर्यटन के साथ पारिस्थितिकी का ख्याल रखना बेहद जरूरी है रामनगर में आयोजित कॉर्बेट वाइल्ड लाइफ फेस्ट में हिमालयन रीजन में सुरक्षित पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को लेकर चर्चा की गई कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने पर भी विचार विमर्श हुआ

इस दौरान रिवर फ्रंट पार्क में पौधरोपण और जल छिड़काव किया गया इसके साथ ही ज्ञानसू क्षेत्र में सफाई अभियान चलाकर दो ट्रक कूड़ा उठाया गया इस अभियान में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधि एनसीसी और एनएसएस के कैडेट्स पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाएं भी शामिल हुई रिवर फ्रंट पार्क की अनदेखी पर जिलाधिकारी आशीष चौहान ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ग्रामीण निर्माण विभाग उद्यान विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने नगर पालिका को पार्क के पास सैलानियों के लिए कैफेटेड एरिया बनाने का प्रस्ताव भेजने के साथ ही पार्क की नियमित सफाई और रख रखाव के निर्देश दिये जिलाधिकारी ने क्षेत्रवासियों से भी साफ सफाई में सहयोग करने की अपील की

जिलास्तरीय अधिकारियों के अलावा विभिन्न संगठनों और छात्रों ने पुनाड गदेरे से लेकर डाट पुल तक कूड़ा कचरा और प्लास्टिक एकत्रित किया गदेरों में लोग गंदगी न फैलाए इसके लिए जिलाधिकारी मंगेश धिल्डियाल ने सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही जिलाधिकारी ने व्यापारियों से भी बातचीत की और उन्हें स्वच्छता को लेकर सजग रहने की अपील की उन्होंने सभी दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर अनिवार्य रूप से कूड़ेदान रखने को कहा और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही

कार्यशाला में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आये स्ट्रिंगर्स शामिल हुए मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट ने इस अवसर पर कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन की अपनी विश्वसनीयता है और इनकी पहुंच दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक है ग्रामीण अंचलों के लिए चलाई जा रही योजनाओं और नीतियों के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने का ये एक लोकप्रिय और सशक्त माध्यम है

उन्होंने कहा कि मीडिया समाज को सही दिशा दिखाने में समर्थ है और इसके माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है उन्होंने स्ट्रिंगरों से आम लोगों के प्रेरणादायक कार्यों को समाज के सामने लाने की अपील की ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हो सके इस अवसर पर समाचार प्रमुख राघवेश पांडेय कार्यक्रम प्रमुख एसएस रावत वरिष्ठ कैमरामैन डॉ ओपी जमलोकी वरिष्ठ अभियंता वीसी ध्यानी प्रोड्यूसर देशबंधु कार्य्यी के साथ ही वर्षा सिंह जितेंद्र अंथवाल संतोष थपलियाल सते सिंह नेगी नूतन वरुण हिना जोशी क्षेत्री ने समाचार की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए स्ट्रिंगरों को सुझाव दिये

मौसम विभाग ने नौ जुलाई को कुमाऊं क्षेत्र खासकर पिथौरागढ़ नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है

इसके अलावा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में आमतौर पर बादल छाये रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है